राज्य सभा ने कल रात इस विधेयक को मंजूरी दी विधेयक के समर्थन में एक सौ पच्चीस और विरोध में एक सौ पांच सदस्यों के मत पड़े सदन ने विधेयक को मंजूरी देते समय विफ्षी दलों के संशोधनों को खारिज कर दिया यह विवेयक लोक सभा में सोमवार को पारित हुआ था लोकसभा में तीन सौ ग्यारह सदस्यों ने इस के पक्ष में और अस्सी सदस्यों ने विरोध में मतदान किया था राज्य सभा में विषेयक के बारे में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कानून उन लोगों के जीवन में नई रोशनी लाएगा जिनपर पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक राज्य सभा में पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है और देश के करूणा तथा भाईचारे के मूल्यों का प्रतीक है प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि यह विवेयक उन लोगों के कष्ट दूर करेगा जो वर्षो से अत्याचार का सामना कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांवी ने नागरिकता संशोधन विवेयक दो हजार उन्नीस पारित होने को भारत के बहुलवाद पर संकूचित विचारधारा की जीत कहा उन्होंने एक बयान में भारतीय जनता पार्टी के ध्रवीकरण एजेंडा के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की कांग्रेस की प्रतिबद्वता व्यक्त की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विधेयक के पारित होने का स्वागत किया है उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सदियों पुराने राम जन्म भूमि विवाद को कांग्रेस ने जानबूझकर उलझा रखा था झारखण्ड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि वह राम जन्म भूमि विवाद का शांतिपूर्वक ढंग से हल कर देगी उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस वायदे को पूरा करते हुए इस विवाद का समाधान कर दिया श्री मोदी ने कहा कि देश ने यह दिखा दिया है कि एकता क्या होती है भाईचारा क्या है और लोग विभिन्न धर्मो को मानते हुए किस तरह साथ रह सकते हैं

टीवी चैनलों को किसी भी ऐसे समाचार या विज्ञापन के संबंध में विशेष रूप से साक्षानी बरतने को कहा गया है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के विरूद्व है और जिनसे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने या हिंसा को उकसावा देने को बढ़ावा मिलने की आशंका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे अभियान से गंगा पुनः निर्मल और अविरल हो रही है मुख्यमंत्री आज कानपुर में प्रधानमंत्री के चौदह दिसम्बर को प्रस्तावित आगमन से पूर्व गंगा घाट पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे मुख्यमंत्री श्री योगी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के अलावा मोटर बोट से गंगा का निरीक्षण भी किया पत्रकारों से बातचीत में श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार का नमामि गंगे अभियान आज गंगा को निर्मल बना रहा है उन्होंने कहा कि कानपुर का एक सौ बीस वर्ष पुराना सीसामऊ नाला कुछ समय पहले तक गंगा को दूषित करता था नमामि गंगे अभियान के तहत अब इसके दूषित जल को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिये साफ कर गंगा में पहुंचाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसी तरह दर्जनों नालों को भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जाजमऊ से आगे गंगा का जल काले रंग का हो जाता था लेकिन सरकार के प्रयासों से स्थिति बदली है और आज जाजमऊ में गंगा निर्मल हुई है अयोध्या में पहला पर्यटक पुलिस बूथ आज से शुरू हो गया विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर पर्यटक बूथ का उद्घाटन किया पर्यटक बूथ में एक सब इंस्पेक्टर एक एक महिला व पुरुष सिपाही तैनात होंगे बूथ का उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षा व सुक्षिा प्रदान करना है

गोरखपुर फैजाबाद बरेली झांसी आगरा और मेरठ मंडलों में आज तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया